राज्य में आज सत्रह नए कोरोना मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हजार सात सौ अठासी हो गई है इनमें हजारीबाग के दो देवघर और लोहरदगा के सात सात मरीज शामिल हैं लोहरदगा में सात नए मरीज मिलने के बाद बयालीस सक्रिय मामले हो गए हैं उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने बताया कि दस कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दोबारा जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आइसोलेशन वार्ड से छट्टी देकर उनके घरों तक पहंचाया जा चुका है इधर ग्रमला जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हर्ए उपायुक्त शशि रंजन ने शहर में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है उधर बोकारो जिले में समाहरणालय के दो कर्मियों के संक्रमित पाये जाने के बाद कार्यालय परिसर को सेनिटाइज किया गया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

बोर्ड ने यह परीक्षा परिणाम आज घोषित किये लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग छह प्रतिशत बेहतर रहा इस वर्ष अठ्ठासी प्रतिशत से अधिक छात्र उर्तीण हुए जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक है तिरूवनंतपुरम क्षेत्र का प्रदर्शन संतानबे दशमलव छह सात प्रतिशत के साथ सर्वश्रेष्ठ रहा जबकि पटना क्षेत्र का स्थान चौहत्तर प्रतिशत के साथ सबसे नीचे रहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की

हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती उग्रवाद प्रभावित बेंदी पंचायत के उदयप्र गांव में आत्मा संस्था ने किसान पाठशाला का आयोजन किया किसानों को श्री विंधि से कैसे धान की रोपनी की जाए इस बारे में बताया गया

गिरिडीह जिले में पुलिस ने एक कुख्यात सीपीआई माओवादी नक्सली किशोर चन्द किस्कू उर्फ तूफान को गिरफ्तार कर लिया है इस नक्सली पर गिरिडीह और धनबाद जिले में हत्या और विस्फोट के कई मामले दर्ज हैं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि इनामी नक्सली को माँझीडीह के पास से गिरफ्तार किया गया है

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रिंग रोड में सताईस जून को एक वाहन से बीस लाख रुपये की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से दस लाख अड़तालीस हजार रुपये बरामद कर लिये हैं

राज्यपाल आज केन्द्रीय विश्वविद्यालय झारखंड द्वारा आयोजित लैंगिक समानता पर आयोजित सेमिनार को वेबिनार के माध्यम से संबोधित कर रही थी उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली योजनाओं का जिक करते हुए महिला स्वयंसहायता समूह द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों की सराहना की

केन्द्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों को इस तरह के फर्जी पत्रों से सावधान रहने को कहा है भारतीय रेल ने दस वर्षों के भीतर ग्रीन रेलवे बनने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं रेलवे ने वर्ष दो हजार तीस तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है

सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबाधाम दुमका स्थित बासुकीनाथ रांची पहाड़ी मंदिर सहित राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गयी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने मंदिरों में श्रद्वालुओं के प्रवेश पर रोक लगा रखी है

बाबा आमरेश्वरधाम प्रबंध समिति ने सावन महीने में भक्तों के लिए ऑनलाइन फेसबुक दर्शन का प्रबंध किया है

मौसम विभाग ने पलामू दुमका लातेहार साहिबगंज समेत राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है

संक्षिप्त खबरें देवघर जिला के पालाजोरी प्रखंड के बीडीओ नागेंद्र तिवारी का जमशेदपुर में रेलवे ट्रैक पर शव बरामद किया गया है

पांकी पुलिस ने घड़ा और सिक्कों को जब्त कर लिया है

इसके बाद बालूमाथ थाना को सील कर पूरे परिसर को सेनिटाइज किया जा रहा है